बैठक में समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ऑडिट आप्पतियों के मुद्दों को हल करने और पाक्षिक बैठक बुलाए जाने का निर्णय लिया गया राज्यपाल ने इसे जल्द से जल्द शुरु करने पर जोर दिया है उन्होंने बैठक में ऑडिट आप्पतियों से जुड़े मुद्दों की व्याख्या के लिए सभी विभागों से एक प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यू जी सी ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को कल से आरंभ हो रहे फिट इंडिया अभियान की तैयारियां करने को कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि सरकार देश को स्वस्थ रखने के लिए फिट इंडिया अभियान आरंभ करेगी यू जी सी सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से कहा है कि वे विद्यार्थियों शिक्षकों और कर्मचारियों को फिटनेस की शपथ दिलाने के कार्यक्रम की तैयारियां करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में यह शपथ दिलाएंगे राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के तहत सभी सड़कों का विकास करेंगी

योजना के तहत महत्वपूर्ण अंतर राज्य और अंतर जिला सड़कों को राज्य राजमार्गों में विकसित किया जायेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक राज्य के एक हजार निन्यानवें बस्तियों में सात हजार नौ सौ बयालीस किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है जबकि इस वर्ष के अंत तक दो सौ चार अनकानेक्टेड बस्तियों में तीन हजार पांच सौ किलोमीटर सड़क निर्माण करने की योजना है केंद्रीय विद्युत मंत्री राज कुमार सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास सरकार की प्राथमिकता में है कल गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिवों और विद्युत विभाग के सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की पर्याप्त उपलब्धता इन राज्यों के विकास के लिए बहुत जरुरी है पिछले चार वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विद्युत मंत्री ने कहा कि इसे टिकाउ बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों से अनुरोध किया कि वे बिजली की चोरी से निपटने के लिए स्मार्ट और प्रीपेड मीटरों का इस्तेमाल करें इस अवसर पर राज्य सरकार और एन एस पी सी लिमिटेड के बीच लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना के माध्यम से दो हजार मेघावट बिजली आपूर्ति पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर समन्वयक के राज्य कार्यालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर लोगों को अंतिम सूची में अपने नाम ढूढने के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी है इसमें कहा गया है कि जिन लोगों के नाम पिछले वर्ष तीस जुलाई को प्रकाशित मसौदा सूची या इस वर्ष छब्बीस जून को प्रकाशित अतिरिक्त मसौदा सूची में नहीं दिए गए है वे इकसी जांच कर लें कि उनका नाम इसमें है या नहीं राज्य समन्वय कार्यालय ने इस बार में जानकारी हासिल करने के लिए दो हेल्पलाइन नंबर भी दिए है

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद तापिर गाव ने इस उपलब्धि के लिए स्कूल प्रशासन को बधाई दी उन्होंने शिक्षको से राष्ट्रीय निर्माण के लिए छात्रों का सही मार्ग दर्शन करने को कहा श्री गाव ने कहा स्कूल की परमानेंट साईट के बुनियादी विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा बीस करोड़ रुपये की मंजूरी दी है उन्होंने स्कूल ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है रेलवे ने कम यात्रियों वाली ट्रेनों जैसे शताब्दी एक्सप्रेस तेजस और गतिमान एक्सप्रेस के किरायों में पच्चीस प्रतिशत की छूट देने की पेशकश की है यह छूट वातानुकूलित चेयरकार विशिष्ट चेयरकार वाली सभी ट्रेनों पर लागू होगी चेन्नई सेंट्रल मुम्बई शताब्दी एक्सप्रेस और न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस में यह छूट लागू नहीं होगी

यह छूट मूल किराए पर दी जाएगी तथा जीएसटी आरक्षण शुल्क सुपरफास्ट शुल्क तथा अन्य शुल्क अलग से वसूले जाएंगे